बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया बैठक में ग़हमंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया

सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दो तिहाई मामले केवल पांच राज्यों में हैं बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को संज्ञान में लिया उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज़यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए श्री मोदी ने मॉनसून को देखते हए उचित तैयारियां स्निश्चित करने को कहा

शनिवार की शाम को जारी राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय के ब्लेटिन के अन्सार दो पॉजिटिव रोगियों का सेंपल लगातार दो बार निगेटिव आने के बाद नामसाई प्रशासनिक ब्लॉक के कोविड केयर सेंटर से उन्हे छ्ट्टी दे दी गई और चौदह दिन के लिए सख्त होम क्वारंटिन पर रहने की सलाह भी दी गई गत शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में बीस नए मामलों की प्ष्टि होने पर राज्य में एक ही दिन में सामने आई मरिजों की ये सबसे अधिक संख्या थी

शनिवार को अड़तालीस क्लोस कॉन्टेक का सेंपल परीक्षण के लिए लिया गया जिसका परिणाम आना बाकी है

यह दिन स्रक्षित रक्त और रक्त उत्पादो की आवश्यकता के प्रति जागरुकता बढ़ाने और रक्तदान करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मानाया जाता है इस वर्ष का विषय है स्रक्षित रक्त जीवन बचाता है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सभी रक्तदाताओं को अपनी बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह अवसर अधिक से अधिक सक्षम य्वाओ को स्वेच्छा से इस परोपकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रक्तदान महान्भावों का पोषक है क्योंकि यह बीमार और पीड़ित लोगो को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है उन्होंने कहा कि कई रोगी अनिश्चित स्वास्थ्य स्थितियों से ग्जर रहा होता है जिसे तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है एसी असहाय परिस्थितियों में रक्तदान से ही उन्हे नया जीवन मिलता है राज्यपाल ने कहा कि किसी को जीवनदान देने से बड़ा योगदान और अन्भाव से बेहतर मन्ष्य के लिए कोई और संत्रष्टि नही हो सकती